कहा गांव और किसान बजट के केन्द्र बिंदु हैं

उद्योग जगत के साथ साथ आम लोगों ने बजट के प्रावधानों का स्वागत किया

अब तक एक लाख तिरासी हजार से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों का हो चुका है टीकाकरण बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

श्री मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में बजट को आम लोगों उद्योगों निवेशकों और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने वाला बताया उन्होंने कहा कहा कि गांव और किसान बजट के केन्द्र बिंदु हैं

इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक हर वर्ग का समावेश भी है वित्तीय वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस के कोन्द्रीय बजट में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा क्षेत्र निर्माण क्षेत्र और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गयी है केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने चौंतीस दशमलव आठ तीन लाख करोड़ रूपये का बजट पेश किया इसमें छह प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है ये हैं स्वास्थ्य तथा कल्याण भौतिक तथा वित्तीय पूंजी और अवसंरचना आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास मानव संसाधन में नवजीवन का संचार नव परिवर्तन अनुसंधान तथा विकास और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन बजट में सबसे अधिक बढ़ोतरी स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए की गयी है पिछले बार की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट आवंटन एक सैंतीस प्रतिशत बढ़ा है इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दो लाख चौबीस हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू करने की घोषणा की छह वर्षो के लिए इस योजना के तहत चौंसठ हजार एक सौ अस्सी करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है योजना के तहत देशभर में पचहत्तर हजार स्वास्थ्य केन्द्र छह सौ दो जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल और सत्रह नई पब्लिक हेत्थ यूनिट चालू होंगी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पैंतीस हजार करोड़ रूपये का अतिरिक्त आवंटन बजट में किया गया है बजट में कृषि क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करते हये नाबार्ड के माध्यम से कृषि ऋण आवंटन में बढ़ोतरी की गयी है वित्त मंत्री ने कहा कि इससे साढ़े सोलह लाख करोड़ रूपये सस्ते कर्ज का रास्ता साफ होगा किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी कृषि मंडियों को मजबूत किया जायेगा खेती के बूनियादी ढांचे के लिए बजट में एक लाख करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है मांग आधारित खेती और इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्वर मार्केट को बढ़ावा देने के प्रावधान किये गये हैं बजट में ढांचागत विकास पर होने वाले पूंजीगत खर्च में चौंतीस दशमलव पांच प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की गयी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि ढ़ांचागत आवश्यकताओं के लिए निधि के वास्ते विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना की जायेगी यह संस्थान अगले तीन से पांच वर्षो के दौरान लगभग पांच लाख करोड़ रूपये जुटायेगा आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मजबूती देने के लिए बजट में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई घोषित की गयी है वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार वित्तीय वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस से अगले पांच वर्षो के लिए इस क्षेत्र में लगभग एक लाख संतानवे हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था करने को प्रतिबद्ध है योजना के तहत रोजगार और देश की प्रगति को रफ्तार देने वाले तेरह क्षेत्रों की पहचान की गयी है बजट में सूक्ष्म लघू और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए आवंटन दोगूना किया गया है इस क्षेत्र के लिए पन्द्रह हजार सात सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता योजनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि की गयी है साथ ही देश में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए कर छूट के दावे की पात्रता इकतीस मार्च दो हजार बाईस तक बढ़ाने का बजट में प्रस्ताव किया गया है इसके अलावा बजट में अगले तीन सालों के अन्दर सात टेक्सटाईल पार्क बनाने की भी घोषणा की गयी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में वित्तीय क्षेत्रों में कई सुधारों का प्रस्ताव किया गया है भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा चौहत्तर प्रतिशत तक बढ़ाने और सरकारी बैंकों में बीस हजार करोड़ रूपये के निवेश का प्रस्ताव बजट में किया गया है बजट में बैंकों की फंसी प्रंजी की समस्या से निपटने की व्यवस्था की गयी है बजट में पेट्रोल पर ढ़ाई रूपये प्रति लीटर और डीजल पर चार रूपये प्रति लीटर कृषि सेस लगाने का प्रावधान है और यह आज से प्रभावी भी हो गया है हालांकि इसका भार उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा सेस बढ़ाने के साथ ही बेसिक एक्साईज ड्यूटी और एडीशन एक्साईज ड्यूटी की दर को कम कर दिया गया है वित्त मंत्री ने आम बजट में रेलवे के लिए रिकॉर्ड एक लाख दस हजार करोड़ रूपये का आवंटन किया है साथ ही बजट में भारतीय रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना दो हजार तीस तैयार की गयी है दिसम्बर दो हजार तेईस तक सभी ब्रॉडगेज लाईन के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है बजट में रक्षा खर्च के लिए अठारह दशमलव सात पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है यह रक्षा व्यय में पिछले पन्द्रह वर्षों में सबसे अधिक बढ़ोतरी है बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए चार लाख अठहत्तर हजार करोड़ रूपये का आवंटन हुआ है सरकार ने इस बार आयकर दरों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है साथ ही किसी प्रकार का नया कर नहीं लगाया गया है हालांकि पचहत्तर साल से अधिक उम्र वाले पेंशनभोगियों को आयकर रिटर्न भरने से अब छूट रहेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में सस्ते घरों के लिए होम लोन के ब्याज पर डेढ़ लाख रूपये की अतिरिक्त छूट को एक साल के लिए और बढ़ाने का प्रस्ताव किया है यह पहले से मिल रही दो लाख रूपये की छूट के अतिरिक्त होगी बजट में उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव है साथ ही देशभर में एक सौ नये सैनिक स्कूल खोले जायेंगे और पन्द्रह हजार से अधिक स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जायेगा शिक्षा बजट में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है केन्द्रीय बजट का उद्योग जगत के साथ साथ आम लोगों ने स्वागत किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह एक संतुलित बजट है उन्होंने बजट में राज्यों के लिये केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाने का स्वागत किया है

राज्यसभा सांसद और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बजट में बिहार की कई मांगों को पूरा किया गया है उन्होंने बजट को आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मजबूती देने वाला बताया बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने आम बजट का स्वागत किया है संघ ने कहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई के लिये बजटीय प्रावधान दोगुना करने से छोटे उद्योगों को इसका लाभ मिलेगा आम लोगों ने भी बजट के विभिन्न प्रावधानों का स्वागत किया है इधर राजद और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना करते हुये इसे निराशाजनक बताया है बजटीय प्रावधानों से बिहार में विकास योजनाओं को नई रफ्तार मिलेगी खास कर सड़क और रेल परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद की जा रही है लम्बित पड़ी सड़क परियोजनाओं के साथ साथ पटना से बनारस और गुवाहाटी के लिए हाई स्पीड ट्रेन का काम भी शुरू होगा इसके अलावा केन्द्रीय बजट में बिहार की दो बड़ी मांगों को पूरा किया गया है केन्द्र द्वारा कर्ज की सीमा में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है जिसकी लम्बे समय से बिहार मांग कर रहा था अब कोई भी राज्य सकल घरेलू उत्पाद का चार प्रतिशत तक ऋण ले सकता है इसके साथ ही आम बजट में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या कम करने की बिहार सरकार की मांग को भी बजट में शामिल किया गया है इसके अलावा कृषि और स्टार्टअप के क्षेत्र में किये गये प्रावधानों का भी सीधा लाभ बिहार को मिलेगा प्रदेश में कल सैंतीस हजार पांच सौ बहत्तर स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया इसके साथ ही राज्य में एक लाख तिरासी हजार सात सौ छप्पन स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी लाभार्थी में टीके के द्वष्प्रभाव की पुष्टि नहीं हुई है प्रदेश में कोविड के मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है वर्तमान में मात्र एक हजार एक सौ चौवन सक्रिय मामले हैं खगड़िया में एक भी सक्रिय मामला नहीं है जबकि अठारह जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या दस से कम बची है स्वस्थ होने की दर लगभग निन्यानवे प्रतिशत पर पहुंच गयी है अब तक दो लाख अंठावन हजार एक सौ छत्तीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं वहीं इस वैश्विक महामारी से एक हजार पांच सौ तीन लोगों की मौत हुई है पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है मौसम विभाग के अनुसार दिन में धूप निकलने के बावजूद लोगों को अभी भी सुबह और शाम के समय ठंड से राहत नहीं मिलेगी हालांकि दिन के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की सम्भावना है इंटर परीक्षा के पहले दिन कल प्रदेशभर से एक सौ तिरसठ परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक तैंतीस छात्र भोजपुर जिले से निष्कासित किये गये हेंदे अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां हिन्दुस्तान दैनिक जागरण दैनिक भास्कर और प्रभात खबर समेत आज के सभी समाचार पत्रों ने बजट से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है प्रहार से जूझने का प्रयास जबकि दैनिक जागरण की सुर्खी है अर्थव्यवस्था का टीकाकरण दैनिक भास्कर ने लिखा है चौबीस साल बाद बजट के दिन शेयर बाजार में पांच प्रतिशत उछाल दैनिक आज की सुर्खी है दिल में किसान सेहत पर ध्यान राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है फोकस में देश की सेहत

कहा गांव और किसान बजट के केन्द्र बिंद् हैं

उद्योग जगत के साथ साथ आम लोगों ने बजट के प्रावधानों का स्वागत किया

अब तक एक लाख तिरासी हजार से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों का हो चुका है टीकाकरण